इस राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार मध्यभारत विन्ध्यप्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ था

वहीं पहले मुख्यमंत्री के रूप पंडित रविशंकर शक्ल ने शपथ ली थी जबंकि पंड़ित कुंजीलाल दुबे को मध्यप्रदेश विधानसभा का पहला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया राजधानी बनने की दौड़ में जबलपुर और इन्दौर के नाम भी शामिल थे

इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मध्यप्रदेश की स्थापना दिवस पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है लेकिन स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर के शासकीय भवनों पर रंग बिरंगी विद्युत रोशनी की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है

बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम श्रीरामचरित मानस गान की शुरुआत का श्रेय भी आकाशवाणी भोपाल को जाता है इसी तरह सबसे पहले लाइव फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत भी यहीं से हुई थी यहां से प्रतिदिन मीडियम वेव डीटीएच और मोबाइल एप पर श्रोताओं के लिए सत्रह घण्टे का प्रसारण किया जा रहा है

उपच्चनाव में नेता और प्रत्याशी को चुनावी रैली और सभा करने के लिए प्रचार के लिए अंतिम दिन एक घण्टे का अतिरिक्त समय मिलेगा

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार